प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है देशवासियों की आराओं आकाँकाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैसिक महामारी ने भारत को नी घेर लिया एक और जहां अत्याधनिक स्वास्थ्य सेवार्या और विराल अर्थयवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाराक्रियाँ हैं वहीं दसरी और इतनी बसी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है कई तोगों ने आरांका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमता करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्हॉने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघू उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पडा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्व होकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बनें और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केन्द्र रहे उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबत हई बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्यादा वर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता रही है पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं और एक वर्ष में ही नौ करोड़ पचास लाख से अधिक किसानों के खातों में बहत्तर हजार करोड रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है

श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज एक सौ तीस करोड लोग एक होकर राष्ट्र की विकास यात्रा से जुडा हआ महसस करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र की शक्ति से भारत समी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के जरिये देश के भविष्य की आघारशिला रखी है लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक अवधनामा में लिखे लेख आलेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल में दिया गया पैकेज देश का भविष्य तय करेगा मोदी सरकार के दसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पुरा होने के अवसर पर लिखे गये इसका लेख में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त कर सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लाकर सरकार ने पड़ोसी देशों के अत्पसंख्यक समुदाय को सम्मानजनक जीवन जीने का आघार दिया साथ ही तीन तलाक की प्रथा को गैरकाननी घोषित कर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हआ है श्री योगी ने कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद् मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र वैश्विक पटल पर लीडर के रूप में उभरा है मुख्यमंत्री ने किसानों उद्यमियों और समाज के विभिन्न वर्गो के कत्याण के लिए सरकार द्वारा किए उपायों का जिक्र करते हए कहा कि इससे देश को मजबूत आधार मिला है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल एप पर उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा मौसम विभाग ने प्रदेश में लोगों को अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्रोम के सक्रिय होने से राज्य में अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ हत्की से मध्यम वर्षा हो सकती है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है कहीं कहीं तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है